इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक भर्ती नियम में संशोधन संबंधी अधिसूचना के आधार पर की गई है इस संबंध में विधि विभाग से अभिमत प्राप्त हुआ है कि जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग की नियुक्ति की कार्यवाही संशोधित भर्ती नियम के आधार पर किया जाना वैध नहीं होगा विधि विभाग के इस अभिमत का हवाला देते हुए कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से कानूनी अड़चनें आ सकती हैं इसे देखते हए जिला पुलिस बल में आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया गया है गौरतलब है कि पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा था फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रदेश में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने पिछले छह महीने के भीतर दो सौ तेरह प्रकरणों में सुनवाई करने के बाद छियानवे प्रकरणों में आदेश पारित किए हैं इनमें से विभिन्न विभागों के बयालीस व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्रों को फर्जी या गलत पाए जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है जबकि पच्चीस व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं वहीं उन्नीस प्रकरणों में व्यक्ति की मृत्यु और अन्य कारणों से नस्तीबद्ध किया गया है निरस्त किए गए जाति प्रमाण पत्रों में तीन जनप्रतिनिधियों के जाति प्रमाण पत्र भी शामिल हैं चित्रकोट उप चुनाव चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है पार्टी ने बस्तर जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजमन बेंजाम को अपना प्रत्याशी बनाया है इस उप चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है सोमवार तीस सितंबर नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है चित्रकोट उप चुनाव के लिए इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा वहीं मतगणना चौबीस अक्टूबर को होगी इस बीच निर्वाचन आयोग द्वारा चित्रकोट उप चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके तहत आज तोकापाल विकासखंड के ग्राम करंजी में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और मतदाताओं से बिना किसी भय और प्रलोभन के निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई मख्यमंत्री प्रेसवार्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा विघानसभा उप चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर कहा है कि जनता ने राज्य सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है श्री बघेल ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने जिस तरह से आदिवासियों और किसानों की सुध लेना शुरू किया है उस पर लोगों ने अपना विश्वास जताया है उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले नौ महीनों के कामकाज से प्रदेशभर में जनता का आत्मविश्वास बढ़ा है

श्री बघेल ने आज रायपुर में राष्ट्रीय शहरी नवाचार कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि रायपुर तेजी से स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है इसे स्वच्छ सुघ्घर और सुंदर शहर के रूप में पहचान दिलाने के लिए सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है उन्होंने कहा कि रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं कार्यशाला में रायपुर महापौर प्रमोद दुबे के अलावा देश विदेश के नगरीय निकायों के प्रमुख और विशेषज्ञ भी शामिल हुए विस्फोटक बरामद दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने करीब साठ किलो वजनी विस्फोटक बरामद किया है पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीआईजी डीएन लाल ने बताया कि कटेकल्याण थाना क्षेत्र के मेटापाल पुल के नीचे यह आईईडी माओवादियों ने लगा रखा था सुरक्षा बल के जवानों ने सर्चिंग के दौरान इस विस्फोटक को बरामद किया वहीं सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र के बेनपल्ली में माओवादियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है मृतक शिक्षादूत के रूप में कार्यरत् था

इस मासिक कार्यक्रम की यह संतावनवीं कड़ी है ये कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यू ट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा हिंदी प्रसारण के ठीक बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में सूरजपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी रेलवे स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन दिनों भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है इसी कड़ी में आज रायपुर रेलमंडल में स्वच्छ प्रसाधन थीम पर बिलासपुर सहित मंडल के सभी स्टेशनों ट्रेनों कोचिंग डिपो और रेलवे परिक्षेत्र के प्रसाधनों में स्वच्दता अभियान चलाया गया साथ ही इनेज सिस्टम और जल आपूर्ति पाइपों आदि का निरीक्षण कर मरम्मत कार्य किया गया विश्व हृदय दिवस विश्व हृदय दिवस कल मनाया जाएगा हृदय रोगों के प्रति जागरूकता सही देखभाल और बचाव के तरीकों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनतीस सितंबर को पूरी दुनिया में हृदय दिवस मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है मेरा हृदय आपका हृदय इस बार का यह अभियान अपने हृदय और अपने प्रियजनों के हृदय की देखभाल पर केन्द्रित है विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में आज राजधानी रायपुर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया महापौर प्रमोद दुबे ने हरी झण्डी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया इसमें बड़ी संख्या में युवाओं और बुजुर्गो ने हिस्सा लिया हाईवे दुर्घटना प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गो पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न उपाए किए जाएंगे तेज गति और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी यातायात और रेल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज की अध्यक्षता में आज आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में यातायात प्रभारियों को जरूरी निर्देश दिए गए बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तिरपन पर पंद्रह हाईवे पेट्रोल वाहन तैनात किए गए हैं जिनका मुख्य कार्य दुर्घटनाओं को रोकना घायलों को तत्काल राहत दिलाना और मार्ग से बाधाएं दूर करना है बैठक में बताया गया कि दुर्ग और महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग में हुई दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में कमी आई है जबकि राजनांदगांव तथा रायपुर जिले में वृद्धि दर्ज की गई है बैठक में यातायात प्रभारियों को पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के आधार पर ब्लैक और ग्रे स्पॉट चिन्हित करने कहा गया बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर और संकेतक लगाए जाएंगे स्कूल बसों के दरवाजों पर ऑटोमेटिक लॉक लगाना भी आवश्यक होगा इसका पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक बीस किलोमीटर में सहायता केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे

इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में नौ दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाएगी देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना भी होगी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की जा रही है कई समितियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पंडालों में देवी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को शारदेय नवरात्र की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में पुलिस अकादमी चंदखुरी में प्रशिक्षण ले रहे उप पुलिस अधीक्षक और उप निरीक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह कल आयोजित किया जाएगा समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे राजभवन द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में परसों तीस सितंबर को छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है बलरामपुर जिले के सेवारी गांव के सरनापारा में हाथियों के हमले से एक बालक सहित दो लोगों की मौत हो गई वहीं दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के नवरंगपुर में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई